रेल संरक्षा से जुड़े कार्यो के लिए एक लाख करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला जत्था रवाना पिथौरागढ़ में यात्रा की तैयारियां पूरी

अपने मंत्रालय की चार वर्ष की उपलब्धियों के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हए श्री गोयल ने कहा कि इस दौरान रेलवे के विकास और आध्निकीकरण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है उन्होंने कहा कि सुरक्षा से संबंधित कार्यो के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है श्री गोयल ने कहा कि एक लाख करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाया गया है ताकि सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जा सके

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर्नल ऑफ द कुमाऊं लेफ्टिनेंट जनरल वीएस शेरावत और कमांडेंट केआरसी ब्रिगेडियर जीएस राठौर ने परेड की सलामी ली

प्रशिक्षण के दौरान दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले रिक्रिट्स को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया ऑल ओवर बेस्ट रिक्रूट रमेश कुमार शारारिक प्रशिक्षण में अतुल जोशी और ड्रिल में विशाल सिंह को सम्मानित किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जवानों ने देश की सेवा के लिए सेना में शामिल होकर अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक देश का गौरव हैं और देश को उनकी बहादुरी पर नाज है उन्होंने कहा कि देवभूमि के सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए अपने त्याग और साहस के बल पर देश का नाम रोशन किया है उन्होंने जवानों से सेना की गरिमा को बनाए रखने का आह्वान किया समपन्न देहराद्न के सूचना भवन में आयोजित फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स की पांच दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुई यह कार्यशाला एफटीआई पुणे के सहयोग से आयोजित की गई थी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए शूटिंग शुल्क को समाप्त कर दिया गया है श्री अग्रवाल ने कहा कि एफटीआई पुणे के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कोर्स संचालित करने चाहिए इसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहयोग प्रदान करेगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह कार्यशाला युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगी कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए एफटीआई पुणे से आये फिल्म एप्रिसियेशन कोर्स के निदेशक पंकज सक्सेना ने कहा कि उत्तराखण्ड में पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सफल रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल माहौल है उन्होंने कहा कि भविष्य में भी उत्तराखण्ड में इस प्रकार के अन्य कार्यशाला आयोजित की जायेगी सम्मेलन मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि विकास की मुख्य धारा से सभी निर्धन और गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर को उठाना केंद्र व राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है केंद्र के चार साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में देहरादून के नानकमत्ता में आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए श्री रावत ने कहा कि देश के हर परिवार को आधारभूत सुविधाए उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भापजा की सरकार बनने के बाद जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में लगातार कदम बढाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अधिकतर कार्यों को डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है इस दौरान श्री रावत ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नानकमत्ता में मिनी स्टेडियम बनाने थारू जनजाति विकास भवन निर्माण नानकमत्ता को पर्यटन धरती के रूप में विकसित करने खटीमा हाईवे से डिग्री कॉलेज की ओर सड़क निर्माण कार्य करवाने सहित अनेक घोषणांए की

इससे वीर सपूतो और शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी सहित जिला स्तर पर को आपरेटिव समूह बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं रानीखेत के नरसिंह मैदान में पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिको के सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें पर्यटन से जोडने का प्रयास किया जा रहा है इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे योजना चलायी जा रही है श्री रावत ने कहा कि जंगलों को आग से बचाने के लिए राज्य सरकार ने पिरूल से विद्युत उत्पादन नीति लागू की है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छावनी परिक्षेत्र सहित रानीखेत के आसपास के क्षेत्र में पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए रानीखेत में कोसी भुजान पेयजल पम्पिंग योजना की शुरूआत करने की घोषणा की

यात्रा आठ सितम्बर को संपन्न होगी इस यात्रा के दो रास्ते हैं पहला उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर जाता है जिसमें श्रद्धालुओं को काफी पैदल चलना पड़ता है दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला दर्रे से गुजरने वाले सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है जिससे वरिष्ठ नागरिक आसानी से जा सकते हैं

इधर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है हालाँकि खराब मौसम के कारण पिथौरागढ़ से गुंजी के बीच का सफर यात्री हैलीकाप्टर से तय करेंगे इस पर संशय बना हुआ है अब संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर खाद उपलब्ध न होने की शिकायत के बाद चमोली जिले की ग्राम सभा सेकोट के कई गांवों के किसानों को तत्काल खाद उपलब्ध करा दी गई है

इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे

कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है कार्यालय की ओर जल्द ही ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा